पापुम पारे जिले के बंदरदेवा में स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पी टी सी में आयोजित राज्य पुलिस स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा गृहमंत्री बामांग फेलिक्स राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार औ पुलिस महा निदेशक आर पी उपाध्याय मौजूद थे इस अवसर पर राज्यपाल ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजली दी और पुलिस की विभिन्न शांखाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया अपने संबोधन में राज्यपाल ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलारेंश की नीति अपनाने पर जोर दिया श्री मिश्रा ने मेरिट के आधार पर पुलिस में भर्ती समुचित प्रशिक्षण और हेड कंस्टेबल से लेकर डी जी पी तक कुशल नेतृत्व पर बल दिया राजधानी ईटानगर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और बुनियादी सुविधा विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने आज एस डी पी ओ ईटानगर कार्यालय भवन का उद्घाटन किया राज्य पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर पूलिस कर्मियों को बधाई देते हुए श्री फेलिक्स ने पुलिस के आधुनिकीकरण और उनके लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की उन्होंने कहा कि ईटानगर पुलिस स्टेशन के नए भवन और महिला पुलिस थाने के निर्माण से क्षेत्र में कानून और व्यवस्था में सुधार होगा इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक आर पी उपाध्याय और पुलिस विभाग के आला अधिकारी उपस्थित थे राष्ट्रीय दिवांगजन सशक्तिकरण संस्थान ने आज नाहरलगुन में आर पी डब्लू डी एक्ट दो हजार सोलह पर एक कार्यशाला का आयोजन किया इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी तोमो रिबा राज्य चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक मोजी जिनी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे राजधानी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक तुम्मे आमो ने कहा है पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाया जा रहा है हमारें संवाददाता के साथ बातचीत में श्री आमो ने कहा कि यातायात नियंत्रण के लिए स्थानीय नागरिकों को जागरुक किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राजधानी क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों को भी उपभोक्ताओं के लिए पार्किंग स्थल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है श्री आमो ने कहा कि प्रशासन वैकल्पिक मार्गों से वाहनों के आवागमन को बढ़ावा देने और जगह जगह पार्किंग स्थल बनाने की दिशा में अग्रसर है राज्य के मुख्यसचिव नरेश कुमार ने लोहित जिला प्रशासन द्वारा कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र के लिए विकसित किए गये मॉडल पर कल संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों सहित लोहित वेस्ट कामेंग ईस्ट कामेंग लोअर दिबांग वैली और वेस्ट सियांग जिला उपायुक्तों के साथ राज्य सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की लोहित जिला प्रशासन ने जिले के किसानों की कृषि और बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए एक सहकारी संगठन लोहित एग्रीकल्चरल फॉर्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाईशन बनाया है लोहित जिला प्रशासन ने आनलाईन विपणन और पेमेंट प्रणाली का शुभारंभ किया है किसान ज्यादातर अपने जैविक कृषि उत्पाद लोहित राइस ग्रीन टी बड़ी इलायची संतरा हल्दी के अलावा अन्य उत्पाद ऑनलाईन बेचते है राज्य के मुख्य सचिव ने मसाला बोर्ड नाबार्ड और अपेडा से अरुणाचल प्रदेश में कृषि बागवानी और इससे संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए सहयोग का आग्रह किया भारतीय स्टेट बैंक ने आज से सभी तरह के ऋण की दरों में पांच आधार अंकों की कटौती कर दी है जमा दरों में पंद्रह से पचहत्तर आधार अंकों की कटौती की गई है

केंद्र ने असम सरकार को भरोसा दिलाया है कि नगा उग्रवादी गुटों के साथ किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करते समय राज्य और वहां के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में उनसे मिलने आए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रस्तावित नगा शांति समझौते के मद्देनजर असम की स्थिति से अवगत कराया और राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की प्रधानमंत्री ने सोनोवाल को कहा कि केंद्र कोई भी फैसला लेने से पहले असम के लोगों के हितों और उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखेगा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

आज का अधिकतम तापमान तैंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया